आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी और अगले कई दिनों तक लक्ष्मण रेखा का पालन करना होगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वायरस से मानवजाति के समक्ष उत्पन्न संकट का समाधान करने के लिए भी पूरी मानवजाति को एकज्ट होना होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्य् के बीच की लड़ाई है और इसलिए ऐसे कठोर कदम उठाने बहत आवश्यक थे श्री मोदी ने कहा कि द्निया भर में आज जो क्छ भी घट रहा है उसमें यही एकमात्र विकल्प बचा था उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेक योद्वा हैं जो घरों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम मोर्चे पर डटे हमारे ये सैनिक हैं हमारी नर्स बहनें डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो कोरोना को पराजित कर च्के हैं

श्री खांड्र ने एक ट्वीट में कहा कि प्रदेश के सभी उपायुक्तों को अस्थायी आवास भोजन कपड़े और चिकित्सा देखभाल के लिए राहत उपाय प्रदान करना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए लॉकडाउन के कारण फंसे हए प्रवासी मजदुरों सहित बेघर लोगों पर यह आदेश लागु होगा

बंदरदेवा प्लिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि थरमल स्क्रिनिंग की जा रही है और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हए लॉकडाउन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये है

उन्होंने बताया कि कल तक लिए गए उन्तिस लोगों के सेंपल की जाँच के बाद सभी की रिपोर्ट निगेटिव आयी है डॉ जंपा ने बताया कि दो और लोगों के सेंपल आज लिए गए है और इसकी रिपोर्ट कल तक आ जायेगी

ग़ह सचिव ने राज़्यों को फिर से पत्र लिखकर अनुरोध कियाहै कि गृह राजय लौटने वाले तीर्थ यात्रियों और प्रवासी कामगारों के लिए तरंत राहत शिविरसथापित करें राज़यों से यह भी कहा गया है कि वे इन राहत शिविरों की स्थिति और दीजाने वाली सुविधाओं के बारे में वयापक प्रचार करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाके तहत और राज्य प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों का भी प्रचार करने को कहा गया है